यह समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ था सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की उन्होंने सभी प्रसारण माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए समारोह के व्यापक तथा विश्व स्तरीय कवरेज के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी अमित खरे ने राष्ट्रपति को बताया कि दिव्यांगजनों के लिए डीडी भारती ने सांकेतिक भाषा में कमेंट्री उपलब्ध कराई समारोह का दूरदर्शन और आकाशवाणी के चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया गया बह्जन समाज पार्टी प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव अकेले ही लड़ेगी पार्टी प्रमुख मायावती ने नई दिल्ली में बताया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है और अगर भविष्य में उन्हें लगा कि अंखिलेश यादव से गठजोड़ राजनीतिक दृष्टि से सफल हो सकता है तो दोनों पार्टियां फिर मिल सकती हैं वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहां कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है मायावती ने कल पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे वोट जीतने के लिए गठबंधन पर निर्भर न रहे बल्कि पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए काम करें उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर बह्जन समाज पार्टी से गठबंधन समाप्त हुआ तो उनकी पार्टी प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों का उपचुनाव अकेले लड़ेगी गाजीप्र में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से सलाह के बाद वे सभी ग्यारह सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे अगर गठबंधन ट्रटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गयी है मैं उस पर बहुत सोच समझकर के विचार करूंगा और जब गठबंधन है ही नही उपकुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे

अखिलेश ने यह बात बहुजन पार्टी प्रमुख मायावती की विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद कही है कौशल विकास मंत्री और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पांडेय ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अवसरवादी राजनीति का हिस्सा था बहुजन समाज पार्टी के राज्य क्यिानसभा उपचुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर प्रतिक्रिया में महेन्द्रनाथ पांडेय ने बताया कि दोनों पार्टियों का अलग होना शुरू से ही तय लग रहा था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बनाये रखना चाहिए हमारी भूमिका स्पष्ट रहेगी कि प्रसार भारती की ऑटोनॉमी एक महत्वपूर्ण है वो कानून से आई है और इसलिये ये भी कानून एमर्जेसी के बाद बना है इसलिये बना कि उस पर कोई आंच न आये और हम भी यही चाहते हैं कि प्रसार भारती अच्छी तरीके से अपना काम करे नई नई योजनाओं को लाएं लोगों की बदलती हुई आदतों को समेट ले दूरदर्शन समाचार के लिए नई खरीदी गई सत्रह डी एस एन जी वैन रवाना करने के बाद नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जावड़ेकर ने कहा कि प्रसार भारती को डिजिटल विस्तार के दौर में नई संभावनाएं खोजनी चाहिएं उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी है इस अवसर पर सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चौनलों से बहुत आगे है प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी समारोह में मौजूद थे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपील की है कि ये कल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधा लगायें नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में जावड़ेकर ने लोगों से पौध लगाने की सेल्फी लेकर भेजने का भी अनुरोध किया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 भारतीय वायुसेना के लापता विमान ए एन बत्तीस की तलाश जारी है कल असम में जोरहाट हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद इस विमान से सम्पर्क टूट गया था रक्षा सूत्रों ने बताया कि विंग कमांडर एक स्क्वाड्रन लीडर और चार उड़ान सहयोगियों सहित तेरह लोग विमान में सवार थे वायुसेना विमान की तलाश में सेना और अन्य एजेन्सियों का सहयोग ले रही है सुखोई तीस लड़ाकू विमान और सी एक सौ तीस विशेष संचालन विमान की भी मदद ली जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से बातचीत की